आज का अधिकतम तापमान छब्बीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेईस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटो के दौरान बाईस दशमलव आठ मिलीमिटर बारिश दर्ज किया गया